अभिभाषण शरू होते ही विधायक हनमान बेनीवाल ने नागौर मे मंग खरीद का मददा उठाया और उनकी पार्टी के सदस्य वैल में आ गए उनके समर्थन में सीपीएम और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी वैल में आ गए और हंगामा करने लगे श्री बेनीवाल ने राज्यपाल कल्याण सिंह पर तीखी टिप्पणियां कीं जिससे हंगामा बढता चला गया हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी सरकार के खान घोटाले और बजरी घोटाले का जिक्र किया जिस पर विपक्ष के विधायकों ने आपत्ति जतायी हंगामा बढता देख संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल के प्रस्ताव पर राज्यपाल के अभिभाषण को पढा हुआ मान लिया गया राज्यपाल के सदन से जाने के आधा घंटे बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा कि सदन नियमों और परंपराओं से चलेगा तथा किसी भी सदस्य का असंसदीय बर्ताव सहन नहीं किया जायेगा विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल कल्याण सिंह पर टिप्पणी करने को द्भाग्यपूर्ण बताया और असंसदीय टिप्पणी करने वाले सदस्यों पर कार्यवाही करने की मांग की इस दौरान श्री कटारिया और और विधायक हनुमान बेनीवाल में तीखी तकरार हुई

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में अनुषासन बनाये रखने के आष्वासन पर मामला शांत हुआ विधानसभा अध्यक्ष ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष तथा गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाये जाने की घोषणा की सदन में सचिव ने उन विधेयकों को भी सदन की मेज पर रखा जिन पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है इन विधेयकों में कई निजी विष्वविद्यालयों के विधेयक भी शामिल हैं राज्यपाल ने अभिभाषण में जनता के ट्रस्टी के रूप में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ प्रदेश की जनता की भलाई और विकास के काम करने की बात कही अभिभाषण में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले कामों की प्राथमिकता का भी जिक किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों और कमियों को भी उजागर किया गया

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने एजेन्सी को बताया हम प्रसारण के सभी आयामों को शामिल करते हये एक समग्र प्रसारण नीति बना रहे हैं उन्होंने बताया कि मसौदा तैयार करने में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड बेसिल का सहयोग लिया जा रहा है

इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रयागराज में कुम्भ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की

इस अभियान के तहत लोकसभा के अगले चुनावों में भाजपा को भारी जीत दिलाने के लिए युवा मोर्चा देशभर में युवाओं को बड़े पैमाने पर जागरूक करेगा

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संसद के केन्द्रीय कक्ष में संबोधित करेंगे एक फरवरी को केन्द्र सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश किये जाने की संभावना है

संसदीय कामकाज को देखते हुए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किये जायेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माई जीओवी ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मो ने आज जयपुर में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रिथित की समीक्षा की

इससे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों शिक्षकों के साथ ही अभिभावक और जन समुदाय का सीधे जुड़ाव हो सकेगा राज्य सरकार ने विद्यालय समुदाय भागीदारी की विशेष पहल करते हुए यह निर्णय लिया है शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि विद्यालय समुदाय के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने के लिए यह विशेष पहल की जा रही है उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सृजनात्मक गतिविधियों के सार्वजनिक प्रदर्शन से उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत सीमा पर चौकसी और बढायी जाएगी

विदेशी पक्षियों की मौजूदगी से पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों में खुशी की लहर है हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां की आबोहवा इन पक्षियों को इस बार काफी रास आ रही है